राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर सहित कई नेताओं ने नेताजी को नमन किया राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने भी महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है राजधानी जयप्र में सुभाष चौक पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने नेताजी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए नेताजी को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई भरतपुर में आज जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया

सवाई माधोपुर जिले में दस चिकित्सा संस्थानों पर कोविड टीकाकरण किया जा रहा है सीकर जिले के नीमकाथाना में विधायक सुरेश मोदी ने कोरोना वैक्सीन सेंटर का शुभारंभ किया पीएमओ डॉ जीएस तंवर ने पहला टीका लगवाया

राज्य के पोल्ट्री फार्म में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है